इन सीटों पर वर्तमान सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण चुनाव हो रहे है इनमें राज्य की तीन सीटें शामिल हैं

दोनो नेताओं के बीच व्यापार निवेश और विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होने की संभावना है

इससे पहले श्री ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रम्प का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारम्परिक स्वागत किया गया इसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधी पर श्रृद्वाजंलि अर्पित की

संस्कृति खानपान कला रहनसहन व्यवसाय पर्यटन और अनगिनत ऐसी जानकारियां जो लोगों को एक दूसरे राज्य में जाने के लिए प्रेरित करें इस अभियान के माध्यम से बताई जा रही है राजस्थान का साझेदार असम राज्य को बनाया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल आज ही के दिन दिल्ली में यह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये उन शहीदों की स्मृतियों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि देश हमेशा इन शहीदों का ऋणी रहेगा

मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के जरिये मृतक के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गौरतलब है कि कल उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन और विरोध में हुई झड़पों में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी जिनमें रतन लाल शामिल थे

उद्घाटन सत्र मेँ पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कार्याशाला के उद्देश्य पर प्रस्तुतीकरण दिया

वार्तालाप का उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केन्द्र सरकार की योजनाओं और सम सामयिक विषयों के बारे मे विस्तार से जानकारी देना है

इससे पहले शाम को दरगाह में शादियाना बजाकर और तोप दागकर उर्स की औपचारिक शुरूआत की घोषणा की जायेगी इसके बाद दरगाह के महफिल खाने में उर्स की पहली शाही महफिल होंगी

इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है